कानून मंत्रालय ने न्यायमूर्ति बोबड़े को अगला प्रधान न्यायधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया है कि ब्रिक्स देशों ने शिश् मृत्यू दर कम करने नवजातों को मां का दूध और सस्ती दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए समन्वित प्रयासों का निर्णय लिया है

केन्द्र सराकार ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों व स्कलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के संबंध में पत्र लिखा है इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्र की एकता अखेंडता और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जाएगी महोत्सव किन्नौर जिले का राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव आज से रिकांगपिओ में शुरू हो रहा है वन निगम के उपाध्यक्ष सुरत नेगी इस चार दिवसीय महोत्सव का शभारम्भ करेंगे इस दौरान अनेक सांस्कृतिक व खेलकद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी मेले में जहां लोगों को किन्नौर की परम्परा व संस्कृति की झलक देख सकेंगे वहीं विभिन्न प्रकार के गर्म कपड़े और अन्य वस्तुएं भी खरीदने को भिलेंगी

इन सांस्कृतिक स्पर्धाओं से लोगों को प्रदेश के विभिन्न जिलों की नाट्य संस्कृति और कला से रूबरू होने का अवसर मिलेगा लोकनृत्य एकल गान समूह गान वाद्य संगीत और एकांकी कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने पहली नवम्बर से प्रदेश के निचले व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों में गरज के साथ वर्षा जबकि अधिक उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की खबर है बगदादी की मौत पर कांगड़ा मंडी में फोड़े पटाखे दिव्य हिमाचल के ँशब्द हैं बगदादी के खात्मे पर मकलोडगंज को याद आई कायला

पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है इन्वैस्टर मीट को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं बॉलीवुड स्टार यामी गौतम होंगी इनवैस्टर्स मीट की ब्रांड एंबैसेडर रोहडू के टिक्कर स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है दस दिन बाद दर्ज की एफआईआर आरोपित शिक्षक फरार दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षक फरार दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री के हवाले से लिखा है टीचर पर आरोप साबित हुए तो सस्पेंशन के साथ अवार्ड वापस लेगी सरकार

अमर उजाला के शब्द हैं खाई में गिरी गाड़ी रामपुर कालेज के छात्र और पिता पूत्र की मौत

अमर उजाला ने खबर दी है कुल्लू के बरशैणी में मकान में लगी आग जिंदा जला युवक दैनिक जागरण लिखता है मणिकर्ण घाटी में जिंदा जला युवक रामसुभग सिंह के बाद अमिताभ अवस्थी को मिला सचिव पद का दायित्व शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है आयुर्वेद विभाग में घोटाले के बाद उठापटक जारी